इस सम्मेलन का आयोजन परमार्थ निकेतन हरिजन सेवक संघ और ग्लोबल इंटरफेथ वाश ने संयुक्त रूप से किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संगम एक चुंबक की भांति हैं कुंभ जो है वो एक आस्था का चुंबक है जो लोगों को खींच लाता है ना चाहते हुए भी लोगों को लगता है कि हम चलें हमें चलना है चलना है और आते हैं संगम में स्नान करते हैं और वापस चले जाते हैं मुझे लगता है कि ये जो एक जो सचमुच में पूरे विश्व के लिए एक अनुठा आयोजन है और आकर्षण का केन्द्र बन गया है इससे पहले राष्ट्रपति ने प्रयागराज में कुम्भ मेले में संगम पर पूजा अर्चना की इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने पार्टी की युवा मोर्चा टीम को विजयलक्ष्य दो हजार उन्नीस अभियान के लिए बधाई दी इस अभियान के तहत लोकसभा के अगले चुनावों में भाजपा को भारी जीत दिलाने के लिए युवा मोर्चा देशभर में युवाओं को बड़े पैमाने पर जागरूक करेगा

वे आज नई दिल्ली में टरेस्ट्रीयल और सेटेलाइट प्रसारण के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे इसे प्रसारण इंजीनियरिंग सोसाइटी बीईएस ने आयोजित किया है सूचना और प्रसारण सचिव ने कहा कि मंत्रालय प्रसारण के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की दिशा में काम कर रहा है इस अवसर पर ट्राई के अध्यक्ष आरएसशर्मा ने कहा कि प्रसारण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तकनीकी विकास हो रहा है और उपभोक्ताओं के सामने अपनी पसंद की सामग्री और चैनल चुनने का अवसर है

ये तलाशी मेरठ और बुलंदशहर में भी चल रही है एजेंसी ने पिछले महीने भी अपनी जांच के क्रम में दिल्ली अमरोहा लखनऊ मेरठ हापुड़ और अन्य जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था इस दौरान दस लोगों को गिरफ्तार किया था जिनमें ग्रूप का मुखिया भी शामिल है सूत्रों के अनुसार इस ग्रुप की योजना राजनीतिक व्यक्तियों सुरक्षा प्रतिष्ठानों और दिल्ली में भीड़भाड़ वाले इलाके में कथित आतंकवादी घटना को अंजाम देने की थी

कल हैदराबाद में पहले एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्यमंत्री जुएल ओरांव ने कहा कि सरकार इन विद्यालयों पर लगभग पचीस हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि इस फैसले से विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में शामिल होने और कौशल शिक्षा के लिए समय मिल पाएगा उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा जीवन कौशल शिक्षा और अनुभव आधारित शिक्षा विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है

उन्हें कल स्वाइन फ्लू के इलाज के लिये एम्स में भर्ती कराया गया था एक ट्वीट में पार्टी ने कहा कि श्री शाह की जांच करने के बाद चिकित्सकों ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है और वे जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे भाजपा अध्यक्ष को कल रात सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत के कारण एम्स में भर्ती कराया गया था

पुलिस सुत्रों ने बताया कि घने कोहरे के कारण दुर्घटना का षिकार हये दोनों वाहन सामने से आ रहे ट्रक को देख नही सके जिसके कारण यह हादसा हुआ